और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी

प्राप्त जानकारी के अनुसार फूड प्वायजनिंग के कारण लोगों को कै दस्त के अलावा बुखार व कंपकंपी की शिकायत मिलने के बाद इन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है नूरसराय के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आईएन चौधरी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही मेडिकल टीम को बड़ारा गांव भेजा गया गांव में डॉक्टरों की टीम कैंप कर रही है गम्मीर रूप से बीमार तीन लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के बड़ी दुर्गास्थान स्थित एक निजी फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से अपराधियों ने चालीस लाख रुपये लूट लिये प्राप्त जानकारी के अनुसार छह की संख्या में आये हथियारबंद अपराधियों ने फाईनेंस कम्पनी के कार्यालय पर धावा बोल दिया और कर्मचारियों को बंधक लिया इसके बाद अपराधी रूपये लूट कर फरार हो गये अपराधियों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की पुलिस मामले की जांच कर रही है रेलवे धनी आबादी और गैर कानूनी तरीके से ट्रैक पार करने वाले इलाकों में पटरियों के किनारे पक्की दीवारें बनायेगा रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरूण कुमार ने जयपुर में कहा कि रेलवे सुरक्षा बल को सम्पूर्ण भारतीय रेलवे के ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने का कार्य दिया गया है जहां पटरियों के आस पास धनी आबादी है और लोग गैर कानूनी तरीके से ट्रैक पार करते हैं उन्होंने कहा कि लगभग तीन हजार किलोमीटर रेलवे लाईनों के आस पास दीवारें बनायी जायेंगी श्री कुमार ने कहा कि स्टेशनों और ट्रेनों में सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरे चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत लगाये जा रहे हैं खान और भू तत्व विभाग की प्रधान सचिव अंशुली आर्या ने कहा है कि राज्य में जितने भी लाईसेंधारी बालू कारोबारी हैं अगले वर्ष उनके लाईसेंस विभाग की जांच पड़ताल और अनुमति के बाद ही जारी किये जायेंगे प्रधान सचिव ने इस संबंध में विभाग के उप निदेशक सहायक निदेशक खनिज विकास पदाधिकारी और खान निरीक्षकों को पत्र भेजा है गौरतलब है कि बालू के खुदरा कारोबारियों की मनमानी और नियमों की अनदेखी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में विभाग को सख्ती का निर्देश दिया था इसके बाद विभाग ने यह कार्रवाई की है पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा है कि विभाग प्रदेश में सड़क नेटवर्क के विस्तार और आवागमन की सुगमता बढ़ाने के लिए सड़कों के चौड़ीकरण पर विशेष ध्यान दे रहा है उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सड़क निधि से तीन सौ सैंतालीस किलोमीटर जिला सड़कों को सात मीटर चौड़ा बनाने की योजना है श्री यादव ने केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी को पत्र लिखकर इन सड़कों के निर्माण का अनुरोध किया है उन्होंने कहा कि पटना सहित तेरह जिलों की चयनित सड़कों के विस्तार और चौड़ीकरण की योजना है इसके निर्माण पर चार सौ सात करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा आठ जनवरी तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल बीस बैठकें आयोजित की जायेंगी अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह संसद का अंतिम सत्र होगा इस बीच सरकार ने दोनों सदनों में कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है

हिमालय क्षेत्रों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है न्यूनतम तापमान छह दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार अगले एक सप्ताह में अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज किये जाने की सम्भावना है मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज पटना सहित अन्य शहरों में दिन का मौसम साफ रहेगा जबकि रात में और सुबह में धुंध छाये रहने की सम्भावना है प्रदेश में अल्पसंख्यक बहल प्रखंडों में नये सिरे के आंगनबाड़ी केन्द्र शुरू किये जाने की योजना पर समाज कल्याण विभाग ने काम शुरू कर दिया है प्राप्त जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यक बहुल प्रखंड वैसे इलाकों में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जायेंगे जहां आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या कम है और आबादी सघन है इन केन्द्रों के लिए आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका उन्हीं इलाकों से चयनित की जायेगी भवन निर्माण विभाग को अल्पसंख्यक इलाकों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए अल्सपसंख्यक विभाग ने राशि उपलब्ध करा दी है सीके नायडू अन्डर ट्वेंटी थ्री क्रिकेट टूर्नामेंट के अन्तर्गत कोलकाता में खेले गये मुकाबले में बिहार ने मणिपुर को एक पारी और दो रन से पराजित कर दिया बिहार की ओर से सचिन शब्बीर खान और प्रशांत कुमार ने शानदार प्रदर्शन किया कुल बाईस अंकों के साथ बिहार की टीम पूल में तीसरे स्थान पर रही है पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आज से बिहार और मिजोरम के बीच कूच बिहार ट्रॉफी का मुकाबला खेला जायेगा अठारह से तेईस दिसम्बर तक विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाली छप्पनवीं नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है बारह दिसम्बर से पटना में पांचवा अम्बेडकर अन्तर स्कूल युवा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा भोजप्र जिले के बिहियां थाना क्षेत्र के वासुदेवपूर मोड़ के पास से पूलिस ने एक कंटेनर से दो सौ नब्बे कार्टन विदेशी शराब जब्त की है वहीं सुपौल जिले में वीरपुर थाना क्षेत्र के कोसी तटबंध से एसएसबी के जवानों ने एक नाव से बाईस सौ बोतल विदेशी शराब बरामद की है अररिया सुपौल और गोपालगंज जिले से पुलिस ने अलग अलग आपराधिक मामलों में शामिल अठारह अपराधियों को भारी संख्या में हथियार और शराब के साथ गिरफ्तार किया है और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने पूर्व आईजी की बेटी की आत्महत्या से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है अखबारों ने इससे जुड़े तथ्य भी प्रकाशित किये हैं हिन्दुस्तान ने धर्मसभा से जुड़ी खबर का शीर्षक बनाया है सरकार मंदिर पर वादा पूरा करे इसी अखबार ने प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्ष का प्रश्नपत्र लीक होने की चर्चाओं से जुड़ी खबर का शीर्षक दिया है बीएसएससी को डीएम और एसपी की रिपोर्ट का इंतजार दैनिक जागरण ने भी राम मंदिर से जुड़ी खबर को शीर्षक बनाते हुये लिखा है राम मंदिर के लिए केन्द्र सरकार बनाये कानून इसी अखबार की दूसरी सुर्खी है सीएम ने दिया निर्देश बालू कारोबारियों की हो निगरानी दैनिक भास्कर ने रोसड़ा में निजी फाईनेंस कम्पनी में लूट की खबर को प्रमुखता दी है अखबार लिखता है रोसड़ा में स्टाफ को बंधक बना फाईनेंशियल सर्विस के ऑफिस से बयालीस लाख की लूट प्रभात खबर की सुर्खी है पटरियों के आस पास रेलवे बनायेगा पक्की दीवारें इसके अलावा अखबारों ने तेरह विपक्षी दलों की आज बैठक भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने पर होगी बात और चौदह को सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ राज्यपाल की बैठक से जुड़ी खबर को भी प्रमुखता दी है

और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी